ज़िला मुख्यालयों पर भी रही गणतंत्र दिवस समारोह की धूम उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मिला सम्मान और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी जारी साढ़े तीन सौ से कम हुए सक्रिय मामले

मुख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित किया गया जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली गणतंत्र दिवस समारोह में देश की सैन्य शक्ति सांस्कृतिक विविधता तथा सामाजिक और आर्थिक प्रगति का भव्य प्रदर्शन किया गया गणतंत्र दिवस समारोह के तहत कार्यक्रमों की शुरूआत आज सुबह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्वासुमन अर्पित करने के साथ हुई

राज्य स्तरीय समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर हुआ जहां राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सुरक्षा ट्कड़ियों द्वारा आयोजित शानदार मार्च पास्ट का निरीक्षण कर सलामी ली राज्यपाल की धर्मपत्नी वसंथा बंडारू व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र भी इस अवसर पर उपस्थित थे आईटीबीपी एसएसबी पूर्व सैनिकों राज्य पुलिस गृह रक्षाबल डाक सेवा और राष्ट्रीय सेवा योजना केडिट की टुकड़ियों ने आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया

गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान विभिन्न विभागों की विकासात्मक गतिविधियों की झलक दर्शाती प्रर्दशनियां भी लगाई गई राज्य बिजली बोर्ड द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी को पहला पुरस्कार दिया गया राज्यपाल ने आईजीएमसी शिमला के चिकित्सा अधीक्षक डॉ जनकराज को आयुष्मान भारत योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज व मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा सहित राज्य सरकार व सेना के वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य लोग इस मौके मौजूद रहे

उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और विभिन्न टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली इस मौके पर देश भक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया निर्वासित तिब्बत सरकार के वित्त मंत्री कर्मायशी और सांसद किशन कपूर भी इस मौके मौजूद रहे

जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम के साथ आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया महेंद्र सिंह ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया केलंग गणतंत्र दिवस लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलंग में भी कड़ाके की ठण्ड के बीच गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने ध्वजारोहण कर आकर्षक परेड की सलामी ली इस दौरान स्कूली बच्चों ने हालडा उत्सव पर आधारित मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया मारकंडा ने इस अवसर पर कोरोना योद्वाओं को भी सम्मानित किया बिलासपुर गणतंत्र दिवस सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिलासपुर के खेल मैदान में ज़िला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया उन्होंने चंगर रिथत शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए सिरमौर गणतंत्र दिवस सिरमौर का जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह नाहन के चौगान मैदान में आयोजित किया गया ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कवर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया

कुल्लू गणतंत्र दिवस कुल्लू का ज़िला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में मनाया गया जहां स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने ध्वजारोहण किया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सैनिकों व पूर्व सैनिकों को परिवारों को अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं

उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने तिरंगा फहराया उन्होंने लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संविधान निर्माताओं ने संविधान के रूप में देशवासियों को बहुमूल्य तोहफा दिया है

उन्होंने कहा कि भारत आज दुनियाभर में सबसे लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है और इसका श्रेय संविधान निर्माताओं को जाता है गोबिंद ठाकुर ने इस अवसर पर स्वतंत्रता सैनानियों के परिजनों को भी सम्मानित किया

ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने रिकांगपिओ में ध्वजारोहण किया और भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली परेड में विभिन्न सुरक्षा बलों की टुकड़ियों ने भाग लिया सोलन गणतंत्र दिवस खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने सोलन के ठोडो मैदान में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता की उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस व होमगार्ड के जवानों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली चंबा गणतंत्र दिवस चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में वन मंत्री राकेश पठानिया ने ज़िला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता कर ध्वजारोहण किया उन्होंने लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए संविधान निर्माताओं को भी याद किया राकेश पठानिया ने कहा कि पिछले तीन वर्ष में राज्य सरकार ने विकास के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं गणतंत्र दिवस हाई कोर्ट प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया इस अवसर पर उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पीएस राणा भी मौजूद रहे शिमला स्थित भाजपा मुख्यालय में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने तिरंगा फहराया भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना भी इस अवसर पर उपस्थित रहे